समापन अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभ्यास वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा चारों सीटों पर ऐतिहासित जीत दर्ज करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार से भाजपा नहीं बल्कि भाजपा से सरकार है और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से ही आज देश व प्रदेश में सरकार बनी है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कार्यकर्ताओं के सुझावों का हमेशा सम्मान करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार मंडलस्तर से बूथ स्तर तक तालमेल से काम करेगी उन्होंने कहा कि मंडल मिलन कार्यक्रम कल से मुख्यमंत्री निवास में शुरू होगा और हर सप्ताह दो मंडलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इस कार्यक्रम में विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा अभ्यास वर्ग में क्षेत्र के पालक व सामाजिक न्याय मंत्री राजीव सहजल मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और सांसद वीरेन्द्र कश्यप सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया नड़डा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि जीका वायरस संक्रमण को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार जीका वायरस के मामलों पर लगातार नजर रख रही है उन्होंने कहा कि सरकार का निगरानी तंत्र बहुत मजबूत है और ऐसे सभी मामलों का पता लगा लिया जाएगा मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि भावी वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है

मारकंडा ने कहा कि जिन स्कूलों में विज्ञान अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं वहां जल्द नियुक्तियां की जाएंगी ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके इस अवसर पर कृषि मंत्री ने प्रदेशभर के स्कूली विद्यार्थियों द्वारा रखे गए मॉडलों का निरीक्षण भी किया

इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है

एक बयान में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान स्पष्ट विपणन रणनीति और द्रदृष्टि की कमी के कारण खैर की लकड़ी बिरोजा और इमारती लकड़ी समय पर नहीं बिकने के कारण इनकी ग्रणवत्ता में कमी आ रही थी गोविन्द ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार ने सत्ता में आते ही निगम को वित्तीय घाटे से उभारने के लिए हरसंभव कदम उठाए हैं

इसी उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारतीय डाक विभाग लोगों को एक ही स्थान पर बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है

शांता कुमार नई पैंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन की कांगड़ा जिला इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान राजेन्द्र मन्हास के नेतृत्व में पुरानी पैंशन बहाली की मांग को लेकर आज सांसद शांता कुमार से मुलाकात की शांता कुमार ने पुरानी पैंशन बहाली की मांग को संसद में जल्द रखने का आश्वासन दिया

नमस्कार